अगले दो दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारि होने की संभावना मौसम विभाग ने पहाड़ों पर आवाजाही करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी बागे वर जिले में बरसात सेप्रभावित हुए क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था सुचारू करने के निर्दे

सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति व्यक्त की कृतज्ञता

देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्रीदेव सुमन को श्रद्धासुमन अर्पित किए टिहरी जन क्रान्ति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन का भाव पूर्ण स्मरण करते हुए श्री रावत ने कहा कि वे अपने समय की कठिन परिस्थितियों में लोकशाही के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हो गए इस मौके पर श्री रावत ने लोक गायक नरेन्द्र सिंह नेगी साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी सुभाष पन्त और डॉ हर्षवन्ती बिष्ट को सम्मानित भी किया उधर चंबा में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री धनसिंह रावत ने कहा कि श्रीदेव सुमन ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इससे पहले टिहरी के विधायक धनसिंह नेगी ने नई टिहरी से कोटी कॉलोनी तक हॉफ मैराथन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया मौसम राज्य में आने वाले दिनों में भी वर्षा का दौर जारी रह सकता है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य के मौसम विभाग ने आम लोगों और तीर्थयात्रियों को पहाड़ी क्षेत्रों में सफर के दौरान सतर्कता बरतने को कहा है मौसम विभाग ने तीर्थयात्रियों को सलाह दी है कि अगले दो दिनों में वे राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से संपर्क बनाए रखें जनजीवन प्रभावित पिथौरागढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण आम जन जीवन प्रभावित हुआ है जिले के दुगखानी क्षेत्र में कल हुई भारी बारिश के कारण एक गौशाला की छत गिरने से तीन पशु दब गए जिन्हे रैस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया वहीं जिले के कई हिस्सो में आज हई तेज बारिश के बाद कुछ घरों के भीतर पानी घूस गया है वहीं करीब एक पखवाड़े पहले जिले में बादल फटने की घटना से प्रभावित हुए लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है और उन्हें सभी मूलभूत सुविधांए मुहैया कराई जा रही हैं उधर बारिश के कारण भूस्खलन होने से ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार यातायात के लिए बाधित हो रहा है डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना उत्तराखंड के गांवों में भी साकार हो रहा है डिजिटल इंडिया के तहत हाईटैक हो रहे गांवों के लोगों को अब अपने जरूरी कामों के लिए पैसा खर्च करके कई किलोमीटर दूर शहर जाने की जरूरत भी नहीं रह गई है बिना कागजात के इस्तेमाल के तमाम जरूरी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच रही हैं पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार भाबर क्षेत्र में रिथित हल्दूखाता गांव में भी डिजिटल सेवा केंद्र खुल चुका है इसका सीधा लाभ गांव और उसके आसपास की काफी जनता को मिल रहा है स्थानीय निवासी बलबीर का कहना है कि पहले उन्हें जिन कामों के लिए कोटद्वार बाजार जाना पड़ता था वे सब काम अब गांव में खुले केंद्र से ही हो रहे हैं इससे समय और पैसा दोनों बच रहे हैं वहीं डिजिटल सेवा केंद्र के संचालक आकाशदीप रावत का कहना है कि केंद्र के माध्यम से बिल जमा करने प्रमाण पृत्र प्राप्त करने टिकिट बनवाने से लेकर लोगों के तमाम सरकारी कार्य किए जा रहे हैं डिजिटल इण्डिया योजना के बाद तकनीकी के प्रयोग से जहां समय में बचत हो रही है वहीं सरकारी कार्यों में पारदर्शिता भी आई है बैठक बागेश्वर की जिलाधिकारी ने बरसात के दौरान प्रभावित हई तहसीलों में जल्द विद्युत व्यवस्था सुचारू कर बिजली कनैक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने काण्डा बागेश्वर गरुड़ और काफलीगैर क्षेत्र में तत्काल बिजली व्यवस्था सुचारू करने को कहा उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत जिले में लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक कम घरों का विद्यतीकरण किया गया है उन्होंने बताया कि जिले के सभी घरों में इस साल के अंत तक बिजली पहुंचाई जानी है

अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि शौर्य दिवस भारतीय सेना के उन सभी अदम्य साहसी बहादुर जवानों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनकी वीरता को याद करने का है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया डॉ पॉल ने कहा है कारगिल की विजय भारतीय सेना के महान साहस और रण कौशल का प्रतीक है जिसमें हमारे वीर जवानों ने विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी दुश्मन को पराजित किया राज्यपाल ने इस मौके पर सभी वीर सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है वहीं अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखण्ड के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए वचनबद्व है

इस मौके पर रामनगर के धनगढ़ी म्यूजियम में जिम कॉर्बेट का जन्मदिन मनाया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क के अधिकारियों पर्यावरण प्रेमियों और स्कूली बच्चों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया स्कूली बच्चों को जिम कॉर्बेट के जीवन से जुड़ी जानकारी देने के साथ ही उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया

उन्होंने कालादूंगी के पास छोटी हल्द्वानी गांव भी बसाया था

उनकी मृत्यु के पश्चात रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया संक्षिप्त समाचार अल्मोड़ा में आज पांचवे दिन भी केएमओयू के बस चालक हड़ताल पर रहे जिस कारण आवाजाही करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा बस चालक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं

में मात्र ीा मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज करने के उपरांत केन्द्र सरकार ने इसे जल्द ही सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप लाने का दावा किया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेल मंत्रालय देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी शौचालय की साफ सफाई और प्रतीक्षा कक्षों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान में देशभर में लगभंग आठ हजार छः सौ से अधिक रेलवे स्टेशन हैं जिनमें से अधिकाँ स्टेशनों पर सुविधांए उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं